मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू हो रही है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

राज्य के चार जिलों कैमूर खगड़िया शेखपुरा और सुपौल में एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है वहीं सत्रह जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या दस से कम हो गयी है पटना में सबसे अधिक दो सौ छियासठ मरीजों का इलाज चल रहा है राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर निन्यानवे दशमलव एक नौ प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख उनसठ हजार छह सौ सत्तर है वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर पांच सौ सतासी हो गयी है इधर प्रदेश में अब तक चार लाख पंचानवे हजार सात सौ बानवे लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है वहीं बारह हजार एक सौ एक लाभार्थियों को टीके की दूसरी डोज दी गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है केद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार पचास वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी उन्होंने कहा कि इस समय अठारह टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इन्कार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है

इसीसे उनको फिर पूरी तरह से इम्यूनिटी मिलेगी मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि आप आगे आएं अपनी वैक्सीन लगाएं चाहें आपका पहला टीका हो या दूसरा टीका हो

इसीसे हम फिर कोविड से निकल पाएंगे प्रदेश भर में कल से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत विशेष पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके तहत प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर आयुष्मान भारत गोल्डेन कार्ड बनाये जायेंगे वैसे पात्र परिवार जिनका अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है वे शिविर में अपना कार्ड बनवा सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है प्रदेश में स्थित राज्य और केन्द्र के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली विवाहित और अविवाहित छात्राओं को स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद पचास पचास हजार रुपये दिये जायेंगे वहीं राज्य के सभी सरकारी और संबद्धता प्राप्त संस्थानों से इंटरमीडिएट पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को पच्चीस पच्चीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को लाभ मिलेगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुई होंगी राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू हो रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं उन्होंने बताया कि चौबीस फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में सोलह लाख चौरासी हजार चार सौ छियासठ परीक्षार्थी शामिल होंगे श्री किशोर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये इस बार परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गयी है राज्यभर में एक हजार पांच सौ पच्चीस परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है इस बार परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की छूट दी गयी है बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्रुटि होने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत छह अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज के आधार पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण दो हजार इक्कीस के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है मतदाताओं की संख्या में चौदह लाख छियासठ हजार आठ सौ उनतीस की वृद्धि हुई है कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर सात करोड़ उनचास लाख पैंसठ हजार आठ सौ चार हो गयी है इनमें तीन करोड़ तिरानवे लाख अठासी हजार सात सौ बाईस प्रूष मतदाता जबकि तीन करोड़ पचपन लाख चौहत्तर हजार तीन सौ चालीस महिला मतदाता हैं थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या दो हजार सात सौ बयालीस है आयोग के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन की सामान्य प्रक्रिया जारी रहेगी देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने प्रतीक्षा समय को घटाने ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है नये नियमों के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से दोगुना भुगतान करना पड़ेगा

सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह बताया है कि इस व्यवस्था से टोल प्लाजा पर होने वाले ईंधन की खपत की कम होने से वाहनों से होने वाले वायु प्रद्रषण में भी खास कमी आयेगी

आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि भागलपुर से मार्च महीने से छोटे विमानों का परिचालन शुरू करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं भागलपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही हिमालयन और एयरो एविएशन विमान का परीक्षण होगा श्री चौबे ने बताया कि भागलपुर हवाई अड्डे का रनवे अब पूरी तरह तैयार है और इस संबंध में राज्य तथा जिला प्रशासन की रिपोर्ट मिलने के बाद हवाई सेवा शुरू हो जायेगी जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में पुलिस ने सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत देवबहुआरा गांव से जावेद आलम नाम के युवक को गिरफ्तार किया है उस पर आरोप है कि उसने आतंकी संगठनों को सात पिस्तौल उपलब्ध कराये हैं गौरतलब है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात का खुलासा किया था कि बिहार से आतंकी संगठनों को हथियार भेजे जा रहे हैं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की प्रजा अर्चना आज पारम्परिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाना वाला यह पर्व वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है कोरोना महामारी से राहत के बीच लंबे समय बाद किसी पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है पूजा को लेकर शैक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्राओं के बीच उल्लास का माहौल है जगह जगह पंडालों में देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है बिहार विधान सभा में पहलीबार सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पूजा में शामिल हुए इधर पूजा के अवसर पर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं संवेदनशील स्थानों पर दो कंपनी अर्द्वसैनिक बल की तैनात की गयी है प्रशासन ने कल तक ही सभी मूर्तियों के विसर्जन करने का आदेश दिया है विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरस्वती पूजा के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं चक्रवात के प्रभाव से अगले चौबीस से अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है

वे नवासी वर्ष के थे वे पंजाब और हरियाण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य भी रह चूके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री जोईस के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक जाने माने न्यायविद थे जिन्होंने हमेशा देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई गणमान्य लोगों ने एम रामा जोईस के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है पूर्व राज्यपाल के निधन पर बिहार में आज एक दिन का राजकीय शोक है दरभंगा के जाने माने सर्जन डॉक्टर रमन प्रसाद सिन्हा का आज निधन हो गया वे लगभग अठासी वर्ष के थे डॉक्टर सिन्हा डीएमसीएच में शल्य चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुये थे वहीं बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के रसायनशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर टी शर्मा का आज निधन हो गया डॉक्टर शर्मा रसायन विज्ञान के जाने माने विशेषज्ञ थे

पश्चिम चंपारण के सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इन सभी परियोजनाओं पर इस वर्ष से काम शुरू हो जायेगा डॉक्टर जायसवाल ने इसके लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य के नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेजों में जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी आज शेखपुरा में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि सभी कॉलेज में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है पर्यटन मंत्री और नौतन के विधायक नारायण प्रसाद ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में कई सड़क परियोजनओं का शिलान्यास किया

इस घटना में दो सिपाही और एक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि पुलिस के तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गये सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मटकुरिया गांव में अपराधियों ने उधार नहीं देने पर एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है

मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू हो रही है